देश में आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है

यह प्रस्कार प्राथमिक उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है

इस वर्ष निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से शिक्षकों का चयन करने के लिए नए दिशा निर्देशों का अन्पालन किया गया है इस मौके पर उप राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते है जिसके लिए अध्यापकों को भी उन्हें पढ़ाने के लिए भिन्न भिनन तरीकों को अपनाना होगा श्री नायड् ने कहा कि शिक्षकों का व्यवहारिक तरीके के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए और ग्रूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अरविंदो तथा महात्मा गांधी ने शिक्षा का सही मूल सिंद्वात बताया है उप राष्टप्रति ने अध्यापकों से देश की कक्षाओं को उत्कृष्ट शिक्षण केन्द्रों मे बदलने के साथ ग्णवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि यह अध्यापकों की बदौलत ही है कि शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे उत्कृष्टता की उचांई की ओर अग्रसर रही है

उन्होंने कहा कि इस प्रयास की सभी सराहना की है उन्होंने कहा कि सरकार केवल विद्यार्थियों के लिए ग्णात्मक शिक्षा ही नहीं बल्कि अध्यापकों के लिए गुणात्मक पर्वक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रि कर रही है

उन्होंने इन खिलाडियों अनुकरणीय प्रदर्शन तथा एशियाई खेलों में अब तक की सबसे बेहतर पदक संख्या में भारत के कद बढ़ाने पर उन्हें बधाई दी खिलाड़ियों से बातचीत मे श्री मोदी ने इस बात पर ख्शी जाहिर की कि छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली यूवा खिलाड़ी सामने आ रह है इस अवसर पर य्वा मामलों और खेल मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच तथा सरकार के प्रयासों ने बेहतर पदक संख्या तथा य्वा खिलाड़ियों को प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ग्रू का पद सर्वोच्च रहा है और प्राचीन काल से ही शिक्षक को सम्मान दिया जा रहा है

उन्होंने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हए कहा कि शिक्षक समाज के प्रकाश स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य का पारस्परिक रिश्ता भी प्राचीन काल से ही अत्यन्त पावन और प्रगाढ़ रहा है राज्यपाल ने कहा कि ग्रूओं दवारा दी गई श्रेष्ठ शिक्षा के ही परिणामस्वरूप कभी भारत को विश्वग्रु का दर्जा प्राप्त था इतिहास साक्षी है कि हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविदयालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे संसार से विद्यार्थी आते थे उन्होंने अध्यापकों से आहवांान किया कि वे भारत को फिर से विश्वग्रु बनाने में अपना योगदान करें उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्घांजलि अर्पित करते हए कहा कि वे महान शिक्षक चिन्तक दार्शनिक और विदवान थे उन्होंने शिक्षकों के सम्मान में अपना जन्मदिन ही आपको समर्पित कर दिया उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्वामी विवेकानन्द के उस कथन को भी याद रखना जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अन्रूप होनी चाहिए

इसे साकार करने के लिए उन्होंने कौशल विकास का नारा दिया

पंचकुला में एवीएन विश्वविदयालय में शिक्षक दिवस मनाया गया इस मौके पर कुलपति डा जी वी देसाई ने छात्रों में एंडवास लर्निंग की भावना को पैदा करके उनके भविष्य में आने वाली प्रत्येक च्नौतियों से लड़ने के लिए तैयार करने पर जोर दिया पलवल के सरस्वती महिला महाविदयालय में भी शिक्षक दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया शिक्षकदिवस पर यम्नानगर के एमएलएन कालेज जगाधरी के अग्रसेन कालेज हिन्दू गल्ज कालेज एम आईएम टी संस्थान हिंदू कन्या विदयालय सहित दर्जनों संस्थानों में प्रतियोगितितायें आयोजित की गई अम्बाला में राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ दवारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

हरियाणा में रोडवेज की चकका जाम बे असर रहा हालांकि रोडवेज के कई कर्मचारी हड़ताल पर रहे

हरियाणा के विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदेश में पंजाब व दिल्ली यूनिवर्सिटी की तर्ज पर प्रत्यक्ष छात्र संघ च्नाव करवाए जाने की मांग की है

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि छात्रसंघ चनावों की निष्पक्षता को खत्म करने के लिए ही सरकार अप्रत्यक्ष च्नाव करवाना चाहती है उन्होंने कहा कि सभी छात्र संगठनों ने संघर्ष समीति के बैनर तले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्ष च्नाव करवाने के लिए म्ख्यमंत्री के नाम वाईस चांसलर को ज्ञापन भी सौंपे हैं बैठक में हिस्सा लेते हए एसएफआई प्रदेशाध्यक्ष व प्रत्यक्ष च्नाव छात्र संघर्ष समीति के संयोजक शाहनवाज ने कहा कि सरकार के अप्रत्यक्ष च्नाव कराने के मुद्दे पर सभी छात्र संगठन लामबंद होकर सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और वह प्रत्यक्ष चुनाव के लिए हर संघर्ष में इनसो के साथ खड़े हैं

प्लिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि डोडा पोस्त् दस कट्टो में छ्पा कर रखी गई थी इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान ग्रदेव सिंह निवासी गांव मसींता के रूप में हई है